अरूणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास अरुणाचल प्रदेश के लोगों की बड़ी पुरानी मांग है जिसकी पिछली सरकारों ने अनदेखी की है राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन और संकल्प की कमी कभी नहीं रही है

उन्होंने कहा कि नये भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब देश के पूर्वोत्तर भागों में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो ये विकास संसाधनों का भी है और संस्कृति के गौरव का भी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने पिछले वर्षो में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए चौवालिस हजार करोड़ रूपये दिए जो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान दी गई राशि के दोग्ने से भी अधिक है फ्रघानमंत्री ने द्रदर्शन के डीडी अरुणप्रभा चैनल का भी श्मारम किया सप्ताह के सातों दिन और चौबीस घंटे प्रसारण करने वाला यह चैनल डीडी नार्थ ईस्ट के बाद पूर्वोत्तर के लिए प्रसारण करने वाला दूरदर्शन का दूसरा चैनल है प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थाई परिसर की आधारशिला भी रखी

नोएडा में कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गम्मीर है श्री गंगवार ने कहा कि हाल के बजट में रिक्शाचालक छोटे दकानदार और ग्रामीण श्रमिक जैसे असंगठित क्षेत्र के लिये मेगा पेंशन योजना शुरू की गई है श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लगभग तीन करोड़ श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योतिवीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है

सहारनपुर जिले में अब तक छबीस लोगों की मृत्य हई है जबकि क्शीनगर में नौ लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए हैं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि दो दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब पीने के बाद अस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं प्रदेश सरकार ने सहारनपुर और कुशीनगर जिलों के आबकारी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्यभर में अवैध शराब का धंध करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया

हरदोई जिले में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह में एक सौ अस्सी गरीब वर क्वू जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्र एक सौ साठ हिंदू और बीस मुस्लिम जोडो का विवाह संपन्न हुआ सभी वर वधू को सरकार की ओर से पैंतीस हजार रूपये उनके खाते में सीधे हस्तांतरित किए गए बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आज दो सौ जोड़ो का विवाह रीति रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ जिला पंचायत सभागार में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में क्यू के खाते में पैंतीस हजार रुपये नकद दिया गया तथा कुछ गृह उपयोगी सामान भी मुहैय्या कराया गया महोबा जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लोगों के लिये वरदान सावित हो रही है यहां सूखे से जूझ रहे किसान परिवारों में बेटी की शादी में अब मायूसी नहीं बल्कि बेटी की विदा में खुशी के आँसू और सरकार के लिये आशीर्वाद दिया जा रहा है उपजिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल बान्नबे शादियां सम्पन्न हुयी जिसमें लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया नवविवाहित जोड़ों को इंक्यावन हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी गयी जिससे उनकी वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके पीलीमीत जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज आयोजित एक समारोह में एक सौ इक्यावन जोड़े परिणय सूत्र में बंधे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की यह योजना काफी अच्छी है गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नुमाइश ग्राउण्ड निकट सर्किट हाउस में सम्पन्न हुआ जिसमें दो सौ जोड़ें पूरे धार्मिक रीति रिवाजो के साथ शादी के अट्ट बंधन में बधे जिसमें एक सौ अस्सी जोड़े हिन्दू तथा बीस जोड़े अल्पसंख्य वर्ग के रहे